कल नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा से जुड़े हितधारकों की बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है श्री गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाना महत्वपूर्ण है

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ जनरल बिपिन रावत थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे है अपने सम्बोधन में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बुज़ुर्गो का सम्मान करना हमारी परम्परा है श्री सिंह ने कहा कि हमने सीडीएस बनाने को लेकर बड़ा निर्णय किया उन्होंने कहा कि सीडीएस बनाने को लेकर पूर्व सैनिकों में काफी उत्साहत था

गौरतलब है कि प्रदेश में झंझनू और जैसलमेर को छोड़कर सभी जिलों में प्रथम चरण के लिए मतदान होगा

इस कार्यक्रम में देश भर के दो हजार से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक भाग लेंगे प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देंगे और कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों से बातचीत भी करेंगे इस कार्यक्रम में श्री मोदी परीक्षा का तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे

इन यूनिटों में एनआईसी के ई ऑफिस का पहला चरण पूरा करने के बाद दूसरे चरण के क्रियान्वयन के लिए रेलवे ने रेलटेल के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं

भारतीय इलाके में बारिश होने और हवा की दिशा टिड्डी दल के लिए अनुकूल होने से आगामी दिनों में भी टिड्डी दल के हमले की आशंका बढ़ गई है टिड्डी नियंत्रण के लिए टिड्डी चेतावनी संगठन और कृषि विभाग के कर्मचारी और किसान जुटे हुए है राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कल जिले के शिव क्षेत्र के टिड्डी प्रभावित क्षेत्रो का दौरा किया

यह त्यौहार अच्छी फसल खुशहाली और सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है इस अवसर पर चावल गुड़ हरे चने और तिल से बने पकवान बनाए जाते हैं

राजधानी जयपुर में मकर सक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी का दौर आज सुबह से शुरू हो गया उधर जयपुर में मकर सकांति पर मांझे से घायल पक्षियों के ईलाज के लिए विभिन्न संस्थाओं की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई है

आज पर्वतीय पर्यटन स्थल माउन्ट आबू में पारा जमाव बिन्दू पर पहुंच गया